सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा

राज्य में कल अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत कई अन्य घायल

सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल आर्थिक विकास और क्षेत्र के राज्यो में पारेषण और वितरण ढांचे को मजबूत करना है श्री जावडेकर ने कहा कि योजना लागू होने से विश्वसनीय पावर ग्रिड का निर्माण होगा और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्युत संचार में सुधार होगा इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में समी श्रेणियों के उपमोक्ताओं को ग्रिड से जुड़ी बिजली की आपूर्ति का लाम मिलेगा मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए तीन हजार पांच सौ करोड़ रुपये की सहायता को भी मंजूरी दी है सब्सिडी का पैसा उनके खातों में जमा कर किसानों की मदद करने का फैसला किया गया इस योजना के तहत साठ लाख टन चीनी निर्यात पर छः हजार रुपये प्रति टन की दर से सब्सिडी दी जाएगी श्री जावडेकर ने कहा कि इसका लाम पांच करोड़ किसानों और पांच लाख श्रमिकों को होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा दिशा निर्देशों को स्वीकृति दे दी है देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इन दिशा निर्देशों के अन्तर्गत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के हित लिए सरकार विश्वसनीय स्रोतों और उत्पादों की सूची घोषित करेगी विश्वसनीय उपकरणों और उत्पादों की सूची राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक तैयार करेगा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय दूर संचार सुरक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर इसका निर्णय लिया जाएगा समिति में संबंधित विभागों या मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे और इसमें दो सदस्य उद्योगजगत के तथा एक स्वतंत्र सदस्य विशेषज्ञ के रूप में शामिल होगा ऐसे स्रोतों की सूची भी तैयार की जाएगी जिनसे किसी भी तरह के उपकरण नहीं खरीदे जा सकेंगे लेकिन यह फैसला दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क में पहले से इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों के कलपुर्जों को बदलने पर लागू नहीं होगा दूरसंचार विभाग दिशा निर्देश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए लाइसेंस शर्तों में उचित संशोधन करेगा स्वीकृति की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के बाद नीति लागू कर दी जायेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल उन्नीस सौ इकहत्तर के भारत पाकिस्तान युद्व के पचासवें वर्ष के समारोह की शुरूआत के अवसर पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकूद नरवणे नौ सेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष एयरचीफ मार्शल आर के एस भदौरिया उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विजय ज्योति स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित की चार स्वर्णिम विजय मशाल देश के विमिन्न भागों में ले जायी जायेगी इनमें उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध के परम वीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित सैनिकों के गांव भी शामिल हैं इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्व के पचास वर्ष पूरे होने के स्मरण में स्वर्णिम विजय वर्ष का लोगो का भी लोकार्पण किया हर वर्ष सोलह दिसम्बर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है

लखनऊ छावनी में मध्य कमान के बार मेमोरियल स्मृतिका पर सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं के बहादुर सैनिकों को याद किया गया जिन्होंने अपने प्राणों की आहृति देकर बड़ी सैन्य जीत दिलाई थी इस युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को भी सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय दिवस को मनुष्यता की विजय का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह अदम्य साहस और अति अनुशासित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम का सुफल है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय सेना ने साहस और पराक्रम का प्रदर्शन करते हए यद्व में गौरवगाथा लिखी भारत माता के गौरव बढ़ाने वाले और मात भूमि की रक्षा में प्राणों की आहृति देने वाले जवानों का राष्ट्र हमेशा ऋणी और कृतज्ञ रहेगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आकाशवाणी के किसी भी स्टेशन को बंद नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि स्टेशनों को न तो डाउनग्रेड ग्रेड किया जाएगा और न ही रिले केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री जावड़ेकर ने कहा कि किसी ने जानब्र्झ कर इस मामले में अफवाह फैलाने का प्रयास किया है राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार दो सौ सतहत्तर नये मरीज सामने आये वहीं इस दौरान एक हजार सात सौ पैंसठ रोगी स्वस्थ हुए स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या पांच लाख तैंतालिस हजार तीन सौ चौवालिस पहुंच गई हैं इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय रोगियों की संख्या सत्रह हजार आठ सौ एक है देश में पिछले छत्तीस घटों में कोविड से ठीक होने की दर पन्चानबे दशमलव दो एक प्रतिशत हो गई है कल तैंतीस हजार से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए

इसी क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने एक निर्णय में विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों जिसमें संविदा और दैनिक वेतनभोगी मजदूर भी शामिल है उनके छुट्टी जाने पर रोक लगा दी है महानिदेशालय कार्यालय के आदेश के अनुसार जिनके अवकाश पूर्व में स्वीकृत किये गये हैं उनको भी निरस्त कर दिया गया है आदेश के अनुसार माह दिसम्बर और अगले वर्ष माह जनवरी में वैक्सीन लगाना प्रस्तावित है प्रदेश शासन द्वारा आज प्रत्येक जिले में पेंशनर्स दिवस मनाये जाने के निर्देश दिये गये है पेंशनर्स दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कार्यालयाध्यक्ष अथवा कार्यालय के किसी वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी को कार्यक्रम में उपस्थित रहने तथा पेंशनर्स की समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने हेतु कार्यवाही करने के भी निर्देश दिया गया

प्रदेश उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सड़कों में तात्कालिक आवश्यकता के मद्देनजर पैच मरम्मत कार्यो के लिये रोड ऐम्बुलेंस व्यवस्था के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि यह रोड ऐम्बुलेंस पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में शीघ्र लांच किये जाये उन्होंने कहा कि इस रोड ऐम्बूलेंस से सड़क में गढ़ढे भरने और पैच मरम्मत की तत्काल जरूरत को पूरा किया जा सकेगा प्रदेश में कल दो अलग अलग सड़क दूर्घटनाओं में ग्यारह लोगों की मौत हो गई वहीं कई अन्य घायल हो गये संभल जनपद में मुरादाबाद आगरा राजमार्ग पर कल प्रातः मानिकपुर की मड़ैया के एक रोडवेज की बस और गैस टैंकर की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई और बाईस अन्य घायल हो गये प्राप्त जानकारी के अनुसार बस काफी तेज गति से जा रही थी और अचानक सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई वहीं हमीरपुर जनपद में दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गये प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सरकार प्रतिबद्व है इसी कड़ी में देवरिया जिले में दो नये पुलिस थाने खोले जाने का निर्णय लिया गया है